प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज वाराणसी में बारह अरब रूपये की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे अपने संसदीय क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे में प्रधानमंत्री काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में वैदिक अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन करेंगे

श्री मोदी श्रीजगदगुरू विश्वआराध्य गुरूकुल के शताब्दी समारोह के समापन समारोह में हिस्सा लेंगे इसमें भाग लेने के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा भी वाराणसी पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वैज्ञानिकों से अनुरोध किया है कि वे देश के सामने कृपोषण जैसी वास्तविक समस्याओं से निपटने के लिए मूल्यवर्धित कृषि उत्पाद पर ध्यान केन्द्रित करें कल नई दिल्ली में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सी एस आई आर की एक बैठक को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने छात्रों में विज्ञान के प्रति रूचि बढ़ाने के लिए वर्च्अल लैब यानी आभासी प्रयोगशालाओं के विकास पर जोर दिया उन्होंने युवा विद्यार्थियों को विज्ञान की ओर आकर्षित करने और नई पीढ़ी में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया

प्रधानमंत्री ने विश्व स्तरीय उत्पाद विकसित करने के लिए पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के उपयोग पर जोर दिया उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आज आइआइएम रांची के छात्रों को संबोधित करेंगे आर्यभट्ट सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति भारतीय संदर्भ में नेतृत्व और सुषासन विषय पर व्याख्यान देंगे कार्यकम में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू सहित आइआइएम रांची के निदेषक प्रो शैलेन्द्र सिंह मौजूद रहेंगे उपराष्ट्रपति कल जमषेदपुर का दौरा करेंगे उनके आगमन को लेकर आज और कल राजधानी रांची की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडु ने जनजातीय संस्कृति के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए समाज के सभी वर्गों के सक्रिय सहयोग का आह्वान किया है मध्य प्रदेश के रामनगर में कल आदिवासी महोत्सव को संबोधित करते हुए उन्होंने जनजातीय समुदाय में शिक्षा का स्तर सुधारने की आवश्यकता पर बल दिया उपराष्ट्रपति ने सतत विकास पर जोर देते हुए कहा कि विकास के लिए शांति आवश्यक है और वामपंथी उग्रवाद से समस्या का कोई हल नहीं निकल सकता है वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में रिजर्व बैंक के निदेशकों के केंद्रीय बोर्ड के साथ बैठक की इस बैठक के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकों से कृषि क्षेत्र को दिए जा रहे ऋण की निगरानी की जा रही है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि आगामी महीनों में ऋण देने में तेजी आने की संभावना है उन्होंने कहा कि अतिरिक्त नगदी से मौद्रिक नीति को अनुकूल बनाने में मदद मिल रही है श्री दास ने कहा कि प्रमुख दरों में कटौती का लाभ धीरे धीरे लोगों तक पहुंच रहा है और भविष्य में इसमें और सुधार की आशा है गुमला जिले में स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है

इसमें नौ सौ से अधिक अभ्यर्थी सफल हुए हैं

राज्य के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने पूर्ववर्ती सरकार द्वारा गांव गांव में स्कूलों को बंद करने के निर्णय को गलत बताते हुए कहा कि नई सरकार बंद पड़े सभी स्कूलों को अब पुनः शुरू करने पर विचार कर रही है मंत्री श्री भोक्ता चतरा जिला मुख्यालय स्थित एक निजी विद्यालय के वार्षिक समारोह में शामिल होने के बाद कल शाम पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे इस मौके पर उन्होंने कहा कि राजकीय इटखोरी महोत्सव ध्रमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा उन्होंने कहा कि जिले के मां भद्रकाली कौलेश्वरी व लेम्बोइया सहित सभी धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा खूंटी जिले में सभी विभागों को दुरुस्त करने की कवायद शुरू कर दी गई है इसी क्रम में यातायात व्यवस्था में सुधार को लेकर प्राथमिक स्तर पर कई प्रयास किये जा रहे हैं जिला प्रशासन लगातार ग्रामीणों को सड़क सुरक्षा के लिए जागरूक कर रही है वहीं दूसरी ओर चारपहिया भारी वाहनों और दोपहिया वाहन चलाने वालों के लिए आवश्यक कागजात को लेकर चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है दो पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट की अनिवार्यता के साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस इन्श्रेन्स रोड टैक्स ऑनर ब्रक पॉल्युशन के कागजातों की जांच और व्यावसायिक वाहनों के लिए परमिट के कागजात फिटनेस रोड टैक्स ऑनर बुक ड्राइविंग लाइसेंस सीट बेल्ट इन्शुरेन्स पॉल्युशन और ओवरलोडिंग की जांच आवष्यक कर दी गई है गढ़वा जिले में तंबाकू सेवन की रोकथाम के लिए विस्तृत योजना तैयार की गयी है

राजस्थान की भावना जाट ने ओलिंपिक के लिए क्वालीफाई कर लिया है